निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ अधिकतम चार लोग ही पर्चा दाखिल करने अंदर जा सकेंगे जबकि प्रत्याशी के साथ आए समर्थकों को उपायुक्त कार्यालय से सौ मीटर दूर रखा जाएगा

नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले उम्मीदवारों को अपना नया बैंक खाता खुलवाना होगा और इसकी जानकारी नामांकन के समय देनी होगी चुनाव प्रचार जयराम लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में चुनावी गतिविधियां बढ़ गई हैं और सभी पार्टियों के प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संभाली है जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह राज्य में कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं जयराम ठाकुर ने आज मण्डी ज़िले में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के कुन्नू में भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की लोकतंत्र में अहम भूमिका है और उनके सहयोग के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती जयराम ठाकुर ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी भाजपा चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत व पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा भी इस मौके माजूद रहे

चुनाव प्रचार वीरभद्र इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह ने आज सोलन जिले के अर्की विधानसभा क्षेत्र में अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने की दिशा में कार्य किया और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्कूल व कॉलेज खोले गए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय किए गए विकास के दम पर ही पार्टी आज लोगों से वोट मांग रही है वीरभद्र सिंह ने लोगों से कांग्रेस पार्टी को जिताने का आग्रह किया कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल भी इस मौके माजूद रहे धुमल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं कीं उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान कर नरेन्द्र मोदी को एकबार फिर प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया धूमल ने दावा किया कि नरेन्द्र मोदी के मज़बूत नेतृत्व में भारत को दुनिया में नई पहचान मिली है और देश में हो रहे लोकसभा चुनाव पर दुनिया की नज़र है आश्रय शर्मा मण्डी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आश्रय शर्मा ने आज कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया विधायक विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान आश्रय शर्मा के साथ थे उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की आश्रय शर्मा ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकारों ने प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए हैं और पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम हिमाचल में संचार क्रांति लाए थे अनुराग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाक्र ने आज सोलन ज़िले के परवाणू बद्दी नालागढ़ और पंजाब के लुधियाना में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के निवासियों के मिलन समारोह में भाग लिया उन्होंने लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश में भाजपा की सरकारें होने से विकास की गति दोगुनी हुई है और केन्द्र सरकार ने हिमाचल को भरपूर आर्थिक मदद दी है उन्होंने दावा किया कि देश में भाजपा की लहर है और पार्टी एकबार फिर जीत हासिल करेगी निधन मण्डी ज़िले में सराज क्षेत्र के पूर्व विधायक पंडित शिवलाल का हृदय गति रूकने से कल रात निधन हो गया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंडित शिवलाल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे शालीन स्वभाव व ईमानदार नेता थे उन्होंने शोकग्रस्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी उनके निधन पर शोक जताया है बॉक्सिंग हिमाचली बॉक्सर आशीष चौधरी ने थाईलेंड में चल रही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है मण्डी ज़िले के सुंदरनगर निवासी आशीष ने प्री क्वार्टर फाइनल में चीन के मुक्केबाज़ को हराया

हिमाचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और प्रदेश बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष राजेश भंडारी ने आशीष चौधरी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है मौसम प्रदेश के अनेक भागों में आज हल्के बाद छाए रहे और दोपहर बाद कई स्थानों पर वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई